सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

केन्द्र सरकार ने कल कोविड टीकाकरण की नीति को और उदार बनाने तथा तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह फैसला किया गया इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण अभियान जारी रहेगा

तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक पचास प्रतिशत टीकों की आपूर्ति केन्द्र सरकार को करेंगे और बाकी पचास प्रतिशत राज्यों के साथ साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना कर्फ्यू को एक दिन और बढाने का फैसला किया है अब कर्फ्यू सप्तांहत शनिवार और रविवार को लागू होगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के पांच सौ से अधिक मामलों वाले जिलों में रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक लागू करने के आदेश दिए हैं इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाए जारी रहेगी मुख्यमंत्री ने उन श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी व्यवस्थाए की हैं जो महाराष्ट्र राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लौट रहे हैं उन्होंने गृह और परिवहन विभाग से इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है तथा इसके साथ ही इन राज्यों से लौटने वाले संदिग्ध लोगों की उचित जांच करने को भी कहा है श्री योगी ने जोर देकर कहा है कि सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर भी फ्र्वानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइन बाईस अप्रैल तक खुली रहेंगी लोग एक नीं दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहचा सकते हैं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जानना चाहिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कड़े कोविड दिशानिर्देश समी मंत्रालयों और विभागों में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं

अवर सचिव या समकक्ष और निचले अधिकारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या से आधी तक सीमित रहेगी उप सचिव या इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय आना होगा कार्यालयों में सभी अधिकारियों को मास्क लगाने सुरक्षित दूरी रखने और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने तथा साबुन और पानी से बार बार हाथ घोने जैसे सभी उपायों का पालन करना होगा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में डबल म्यूटेशन कोविड संक्रमण प्रे विश्व को चिंतित कर रहा है पत्र सुचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह का डबल म्यूटेशन संक्रमण कई अन्य देशों में भी पाया गया है